बजट में ग्रामीण विकास के लिए किये गये कई प्रावधान केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए अस्पतालों में चौबीसों घंटे टीकाकरण की अनुमति दी धनबाद रेलवे स्टेशन में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आने वाली तीन ट्रेनों के सभी यात्रियों की आज से होगी कोविड जांच भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होगा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

झारखण्ड विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन कल वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्त वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस का बजट पेश किया वित्त मंत्री ने इक्यानबे हजार दो सौ सत्तहतर करोड़ रुपये के बजट पेश किया यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में चार हजार नौ सौ करोड़ रुपये अधिक है पिछला बजट छियासी हजार तीन सौ सत्तर करोड़ रूपये का था राज्य सरकार ने इस बार के बजट में गांवों को सशक्त बनाने गरीबी दूर करने और रोजगार बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किये हैं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपने बजट भाषण में कहा कि बजट में कृषि रोजगार और गांव पर फोकस किया गया है

विधानसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई उपाय किये गये हैं राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नए राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए बेहतर शिक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया है

इधर राज्य सरकार ने बजट में खेल प्रतिभाओं के लिए खेल विश्वविद्यालय की घोषणा भी है

महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तीन लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने पलाश ब्रांड से ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और किशोरियों और युवतियों को आहार भत्ता देने का भी बजट में प्रावधान किया गया है

शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया गया है

केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए समय सीमा को हटा दिया है और चौबीसों घंटे टीकाकरण की अनुमति दे दी है स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि अस्पतालों के लिए यह जरूरी नहीं है कि ये टीकाकरण के लिए एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करें वे किसी भी समय टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं

इधर केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य योजना और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत पैनल में शामिल सभी निजी अस्पतालों को भी कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में अनुमति देने का भी निर्णय लिया है सरकार ने कहा है कि टीकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और वह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवश्यक खुराक उपलब्ध कराएगी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया है कि उन्हें राज्य और जिला स्तरों पर टीके के भंडारण की आवश्यकता नहीं है

इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है धनबाद स्टेशन में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से आने वाली तीन ट्रेनों के यात्रियों की आज से कोरोना जांच होगी इसके लिए धनबाद स्टेशन पर पांच ट्रू नेट मशीनें लगायी गयी हैं

रिपोर्ट एक घंटे में आ जाएगी निगेटिव पाए जाने पर उन्हें घर भेजा जाएगा

अगर वह संक्रमित पाए जाते हैं तो उनके घर एंबुलेंस जाएगी और संक्रमित मरीज को कोविड सेंटर में भर्ती कराया जायेगा अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम ने बताया कि महाराष्प्र से आने वाली मुंबई मेल और कोल्हापुर से आने वाली दीक्षाभूमि के आलावा वेल्लोर से होकर आने वाली एलेप्पी एक्सप्रेस के यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी रेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेल मंडलों को रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृहों के कमरों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है

बोर्ड परीक्षा को छोड़कर सभी प्रकार की परीक्षाएं ऑनलाइन लेने का निर्देश दिया है वहीं शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने पर किसी भी छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा तथा उन्हें शिक्षण व्यवस्था से वंचित भी नहीं किया जाएगा

रांची का अधिकतम तापमान मंगलवार को बत्तीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले तीन चार दिनों में गर्मी और बढ़ेगी अधिकतम तापमान चार से पांच डिग्री बढ़ने का अनुमान है आठ मार्च तक राजधानी रांची सहित झारखंड में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा यह मैच सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की करने के लिए भारत को इस मैच में जीत या एक ड्रॉ की जरूरत है यदि इंग्लैंड इस मैच में जीत दर्ज करता है तो ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा न्यूजीलैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहले ही पहुंच चुका है

नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में ही खेले गये तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को दस विकेट से हराया था

सभी अखबारों ने इस बजट को ग्रामीण विकास गरीबों के हित में और रोजगार वृद्धि वाला बताया है प्रभात खबर ने राज्य के सभी गांवों में गुरूजी किचन शुरू करने और हर पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर स्थापित करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने बजट को वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के नये युग की शुरूआत बताते हुए लिखा है आत्मनिर्भर झारखंड का जरिया बनेगा ऑउटकम बजट दैनिक भास्कर ने बजट के अलावे गुमला में सीआरपीएफ जवान के द्वारा युवती समेत नौ परिजनों को हथियार से घायल करने की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने स्वदेशी कोवैक्सीन के इक्यासी फीसदी कारगर होने की खबर को प्रमुखता प्रकाशित किया है रांची एक्सप्रेस ने फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप विकास बहल और अभिनेत्री तापसी पन्नु के मुबंई और पुणे स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अस्पतालों को चौबीस घंटे टीकाकरण शुरू करने की खबर पहले पन्ने पर दी है वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा है सरकार से असहमति जताना राजद्रोह नहीं